शिमला में आज उनसे मिलने आए बागवानी व वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के नवनियुक्त कुलपति परविन्द्र कौशल से भेंट में उन्होंने प्राकृतिक खेती के प्रचार व प्रसार के लिए समर्पित वैज्ञानिकों व अधिकारियों की टीम तैयार करने को कहा राज्यपाल ने कहा कि प्राकृतिक खेती लंबे समय तक मनुष्य के स्वास्थ्य प्राकृतिक स्रोतों के संरक्षण व पर्यावरण के लिए बेहद जरूरी है आचार्य देवव्रत ने कहा कि प्रदेश के अनेकों स्थानों पर स्थित कृषि विज्ञान केन्द्र प्राकृतिक खेती के लिए मॉडल केन्द्र बनाए जाएं ताकि आसपास के किसान मौके पर जाकर प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुना करने का प्राकृतिक खेती ही सबसे अच्छा विकल्प है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज से दिल्ली दौरे पर हैं वे आज दोपहर बाद शिमला से दिल्ली के लिए रवाना हुए इस दौरान उनका दिल्ली में निवेशकों से बैठकें करने और रोड़ शो का कार्यकम है

इसके बाद मुख्यमंत्री का गुजरात जाने का भी कार्यक्रम है

पुलिस अधीक्षक ओमापति जमवाल ने बताया कि घायलों को आईजीएमसी शिमला में भर्ती किया गया है उन्होंने कहा कि ये सभी सिरमौर ज़िले के राजगढ़ के एक ही परिवार के सदस्य हैं पुलिस दुर्घटना को कारणों की जांच कर रही है इस बीच विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख जताते हुए शोक संतप्त परिजनों से अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना भी की है पुरानी पैंशन पुरानी पैंशन योजना की बहाली को लेकर कर्मचारी संगठन एकजुट हो गए हैं नई पैंशन स्कीम संघ के बैनर तले महिला कर्मचारियों ने आज धर्मशाला में एक बैठक का आयोजन किया और इस मुद्दे को सरकार के समक्ष उठाने के लिए रणनीति तैयार की

कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने पार्टी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों से एकजुट होकर काम करने का आहवान किया है

एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस पर आज कई कार्यकम आयोजित किए गए

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्थापना दिवस पर संगठन से जुड़े छात्रों व कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी हैं उन्होंने कहा कि स्थापना के बाद से ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विद्यार्थियों में ज्ञान शील एकता और राष्ट्रवाद की अलख जगाई है चक्का जाम चंबा ज़िले में भरमौर पठानकोट राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर जांघी गांव में पिछले महीने बादल फटने से एकत्रित हुए मलबे को न हटाने के विरोध में गांववासियों ने आज चक्का जाम कर दिया ग्रामीणों का कहना है कि उनके घरों के आगे मलबे के ढेर लगे हैं और प्रशासन से मलबा हटाने की गुहार लगाने के बावजूद अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है आज भारी वर्षा के कारण ये मलबा लोगों के घरों में पहुंच गया जिस कारण उन्होंने चक्का जाम किया आयरन गोली स्कूली बच्चों में अनीमिया दूर करने के लिए हर गुरूवार को आयरन फॉलिक एसिड गोलियां खिलाई जाती हैं ऊना ज़िले में ज़िला प्रशासन ने सभी निजी व सरकारी स्कूलों को ये गोलियां खिलाने के निर्देश जारी किए हैं अतिरिक्त उपायुक्त अरिंदम चौधरी ने आज ऊना में एक बैठक में कहा कि राज्य सरकार के कार्यक्रमों को लागू न करने वाले निजी स्कूलों की मान्यता रद्द भी की जा सकती है